प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील की है श्रीमती पटेल ने कहा है कि हिंसा और सार्वजनिक सम्पत्तियों के नुकसान से क़ानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने क साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधानों से किसी भी नागरिक के हित प्रभावित नहीं होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से प्रदेश में शांति बनाये रखने की अपील करते हुए कहा है कि लोग नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैलाये जा रहे भ्रम और बहकावे में न आयें श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्यक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है और राज्य पुलिस सभी नागरिकों को सुरक्षा दे रही है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी तरह के उकसावें में न आने का आहवान किया है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून पर अफवाह और हिंसा पर उतरने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करे श्री योगी ने कहा कि सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवी तत्वों की सम्पत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाये उन्होंने विपक्षी दलों विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के रवैये को अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है श्री योगी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल अपने हितों के लिये नागरिक संशोधन कानून के सिलसिले में लगातार आम नागरिकों में भ्रम पैदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने दोहराया है कि यह क़ानून किसी जाति मत और मजहब के खिलाफ नहीं है बल्कि यह हर एक नागरिक को सुरक्षा की जमानत देता है इस बीच पुलिस प्रशासन हालात पर गहरी नजर रख रहा है

शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रभावी और गणमान्य लोगों से निरन्तर सम्पर्क किया जा रहा है बाइट प्रदेश के सभी भागों में हमने पुलिस पेट्रोलिंग इंटेनसिफाई कर रखा है शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से उनके टच में हैं उनको संपर्क कर रहे हैं उनसे निरंतर अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाये रखने में वो हमारी मदद करें इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफो शॉटस के आधार पर पिछले दिनों हुई हिंसक घटनाओं में संलिप्त लोगों की पहचान की जा रही है विभिन्न ज़िलों में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने का क्रम भी जारी है प्रदेश में जारी प्रदर्शन के मददेनजर शासन ने स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय आज तक के लिये बंद कर दिये हैं इसके अलावा कल आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी फिलहाल स्थगित कर दी गई है परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द की जायेगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक परामर्श जारी कर टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वह ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो और राष्ट्रविरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले मंत्रालय ने यह परामर्श नागरिकता संशोधन कानून क खिलाफ लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद जारी किया है मंत्रालय ने इससे पहले जारी एडवाइजरी का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ टेलीविजन चैनल इसकी परवाह किये बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श कड़ाई से पालन करने को भी कहा है

इस कार्यक्रम का डीडी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जायेगा

प्रतियोगिता में सफल छात्रों द्वारा सोलह जनवरी को प्रधानमंत्री श्री मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कायक्रम में प्रतिभाग किया जा सकता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आगामी तीन वर्षो के दारान बुन्देलखंड देश में विकास का एक नया मॉडल बनेगा श्री योगी कल लखनऊ में बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सहयोग देने वाले किसानों को सम्मानित करने के बाद विचार व्यक्त कर रहे थे

उन्होंने कहा कि निर्माणकर्ता एक्सप्रेस वे बनाने में समय अवधि और मानक के अनुसार गुणवत्ता को बनाये रखे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश के लिये घोषित डिफेंस मैन्यूफैंक्चरिंग इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना इसी एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ की जा रही है इसके लिये छह नाडस को चिन्हित किया गया है जिनमें दो नोड्स इस क्षेत्र के चित्रकूट और झांसी हैं श्री योगी ने कहा कि एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरीडोर बनने के बाद इलाक के य़वाओं को रोज़गार हासिल होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेस वे परियोजना के जिन सात जनपदों के किसानों को उनके योगदान के लिये सम्मानित किया है उनमें चित्रकूट बांदा हमीरपुर महोबा जालौन औरैया और इटावा शामिल हैं केन्द्र सरकार ने अगले पांच वर्ष में देशभर में एक सौ हुनर हाट आयोजित करने का फसला किया है हुनर हाट का उद्देश्य दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को बाजार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि आगामी दिनों में लखनऊ नई दिल्ली बेंग्लुरू चेन्नई कोलकाता देहरादून पटना इंदौर और अन्य जगहों पर हुनर हाट आयोजित किये जायेंगे देश के विभिन्न भागों में एक सौ हुनर केन्द्रों की मंजूरी दी गयी है जिनमें दस्तकारों शिल्पकारों और पारंपरिक पाककला विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

पहला हुनर हाट इस साल अगस्त सितम्बर में जयप्रर में आयोजित किया गया था प्रदेश में पड़ रही ठंड और कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

सर्दी से बचने के लिये लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं वहीं प्रतापगढ़ में पछुआ हवा का क्रम जारी है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है तथा रात और दिन के तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है बलरामपुर में घने कोहरे की वजह से वाहनों का आवागमन प्रभावित रहा और लोग कड़ाके की सर्दी से बेहाल नजर आये प्रदेश सरकार ने देवरिया ज़िले में राप्ती नदी के मोहरा घाट और खनआ नाला स्थित सरयां घाट पर एक एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित किया है कल लखनऊ में यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि इन सार्वजनिक नौघाटों को बनाने की मांग काफी दिनों से स्थानीय नागरिक कर रहे थे उन्होंने कहा कि इन नौघाटों की स्थापना से क्षेत्रीय नागरिकों को आवागमन में खासी सुविधा हो जायेगी प्रदेश सरकार पिछले साल की तरह इस वर्ष भी तेईस दिसम्बर को दश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में मनायेगी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस दिन लखनऊ में विधान भवन के सामने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल पर किसान सम्मान दिवस का आयोजन किया जायेगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे किसान सम्मान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में किसान गोष्ठी और किसान प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जायेगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों म पांच सौ कौशल विकास केंद्र और प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना को अंतिम रुप दे दिया है मंत्रालय ने देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं

पिछले छह वर्षो के दौरान देश में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है और इस समय ऐसे पन्द्रह हजार केन्द्र देशभर में संचालित हैं जिनके माध्यम से लाखों की संख्या में यूवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान कई पहल की हैं देश में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस साल अगस्त में शुरू किया गया फिट इंडिया अभियान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है स्कूल कॉलेज और सभी वर्ग के लोगों के जुड़ने से इस अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है सरकार खिलाडियों को सभी ज़रूरी सहायता प्रशिक्षण और अवसर मुहैया करा रहो है खिलाड़ी बिना कोई शुल्क दिये मैदानों और खेल से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं